मोदी यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर आज देर रात रियाद पहुंचेंगे वे कल सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे श्री मोदी सऊदी नरेश सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत में हिस्सा लेंगे श्री मोदी की सऊदी अरब की यह दूसरी यात्रा है जिसमें दोनों देश आपसी सम्बंधों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्तोक्षर करेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कल विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव ने बताया कि दोनों देश महाराष्ट्र के रायगढ़ में महत्वाकांक्षी पश्चिमी तट रिफाइनरी परियोजना को अंतिम रूप देने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में भी बातचीत करेंगे दीपावली सुख समुद्धि ऐष्वर्य और रोषनी का पर्व दीपावाली कल प्रदेष भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर लोगों ने लक्ष्मीपूजन के साथ ही आतिषबाजी कर पर्व को मनाया और एक दूसरे को बधाई दी लोगों ने षाम को दीये जलाकर सुख समुद्धि की कामना की दीपावली को लेकर राजधानी भोपाल सहित प्रदेषभर में बाजारों में रौनक रही खंडवा जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंड खालवा में दीपावली के बाद ठाटिया बाजार की शुरूआत आज से होगी इस दौरान आगामी पाँच दिनों तक खालवा ब्लॉक में गोंड समुदाय द्वारा प्रत्येक गांव के साथ हाट बाजारों में अपने पारंपरिक वेशभूषा नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें आदिवासियों की लोक संस्कृति एवं लोक नृत्य की झलक देखने को मिलेगी आदिवासी अंचल झाबुआ और आलीराजपुर जिले में बडे ही उत्साह एवं उमंग के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया गया अनूपपुर कोतवाली में दीपावली पर कोतवाली प्रांगड में महिला पुलिसकर्मियों ने रंगोली बनाई और दीप पर्व मनाया

हिंगोट इन्दौर जिले के गौतमपुरा में दीवाली के अगले दिन हिंगोट का आयोजन किया जाता है इसमें दो प्रतिद्वंदी दल तुर्रा और कलंगी विशेष रूप से तैयार हिंगोट से आपस में युद्ध लड़ते हैं करीब एक घंटे तक दोनो दल एक दूसरे पर बारूद से तैयार हिंगोट फेकते हैं सूर्यास्त के बाद ये खेल शुरू होता है इस परंपरागत आयोजन में घायल होने वाले लोगों के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा और चिकित्सा प्रबंध किये गये हैं वहीं खेलने वालों को सुरक्षा के तौर पर हेलमेट पहनना भी सुनिश्चित किया गया है स्थापना दिवस मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस समारोह पर एक नवंबर को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों को जिलों का आवंटन किया गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी में होने वाले राज्यस्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे जबकि विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति नरसिंहपुर और उपाध्यक्ष हिना कांवरे बालाघाट में स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे वहीं मंत्री डाक्टर गोविन्द सिंह भिण्ड सज्जन सिंह वर्मा देवास डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ खरगौन तुलसीराम सिलावट उज्जैन आरिफ अकील सीहोर पीसी शर्मा होशंगाबाद डाक्टर प्रभुराम चौधरी रायसेन जयवर्द्वन सिंह गुना जीतू पटवारी इंदौर तरुण भनोत जबलपुर लखन घनघोरिया रीवा वृजेन्द्र सिंह राठौर निवाड़ी सुखदेव पांसे बैतूल कमलेश्वर पटेल सीधी प्रद्यम्न सिंह तोमर ग्वालियर हुंकुम सिंह कराड़ा शाजापुर में आयोजित स्थापना दिवस कार्यकम में शामिल होंगे जबकि प्रदीप जायसवाल सिवनी लाखन सिंह यादव मुरैना ओंकार सिंह मरकाम डिण्डौरी प्रियवत सिंह राजगढ़ हर्ष यादव विदिशा सचिन यादव रतलाम सुरेन्द्र सिंह बघेल झाबुआ इमरती देवी दतिया महेन्द्र सिंह सिसौदिया अशोकनगर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे इन्दौर उड़ान इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल से कल शिर्डी के लिए इंडिगो ने यात्री विमान सेवा की षुरूआत की है

संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव पंकज राग को समिति का समन्वयक और नरेन्द्र सिंह सलूजा को संयोजक सदस्य बनाया गया है समिति में मध्यप्रदेष छत्तीसगढ के केन्द्रीय गुरूसिंह सभा के पदाधिकारियों को सदस्य बनाया गया है वहीं मुख्यमंत्री ने वन्यप्राणी पर्यटन संबंधी निर्णयों की समीक्षा के लिए भी एक अन्य समिति का गठन किया है इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे वन मंत्री और पर्यटन मंत्री को समिति का सदस्य बनाया गया है सेमीनार मध्यप्रदेश उर्द्र अकादमी द्वारा कल राजधानी भोपाल के राज्य संग्रहाल में उर्द् नज्म और गज़ल पर सेमीनार और महफिल ए मौसिकी का आयोजन किया जाएगा अकादमी के सचिव डॉ हिसामउद्दीन फारूकी ने कल बताया कि सेमिनार उर्दू नज्म और गज़ल विषय पर आमंत्रित आलेखों पर आधारित होगा महफिल ए मौसिकी में सुश्री तापसी नागराज उर्द की मशहर नज्मों और गजलों की संगीतमय प्रस्तुति देंगी

रेत खनन मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ने रेत खदानों का आवंटन ई निविदा के जरिए कर रहा है

निगम और संचालनालय की वेबसाइट पर संशोधित निविदा कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है

भारतीय जोड़ी को प्रतियोगिता में रजत पदक से संतोष करना पड़ा भारतीय जोड़ी पहली बार इस प्रतियोगिता के पुरुष डबल्से फाइनल तक पहुंची थी मौसम अरब सागर में उठे तूफान की वजह से प्रदेष में पिछले दो दिनों से बादलों के बीच बूंदा बांदी का दौर जारी है राजधानी भोपाल समेत अनेक स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाए रहने से ठंडक बढ़ गई है भोपाल में अनेक स्थानों पर कल देर शाम से रूक रूक कर हल्की बारिश हुई आज सुबह से बादल छाए हुए हैं बारिश होने से ठंडक घुलने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया है भोपाल के अलावा कल दीपावली के दिन छिंदवाड़ा अमरवाड़ा बुरहानपुर बुधनी इंदौर महू सिवनी मंडला धार मलाजखंड खरगोन नरसिंहपुर खंडवा होशंगाबाद पचमढ़ी बैतूल और कुछ अन्य स्थानों पर भी बादल छाये रहे और हल्की बारिश हुई लगातार बादल छाए रहने से भोपाल समेत इन स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक कम बना हुआ है इस वजह से दिन में भी ठंडक का अहसास होने लगा है